राजधानी रांची में कोरोना की मरीज मिलने के बाद लॉकडाउन के नियमों को लेकर सख्ती बढा दी गई है कल रात से ही प्रषासन की ओर से वाहनों की जांच की जा रही है वहीं लोगों को घरों में रहने का निर्देष दिया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा यह अपील की जा रही है कि लोग बेवजह अपने घर से बाहर न निकलें जिला पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह बैरिकेटिंग कर वाहनों की कड़ाई से जांच की जा रही है उपायुक्त राय महिमापत रे ने बताया कि वायरस के संकमण की रोकथाम के साथ होम स्कीनिंग शुरू कर दी गई है उपायुक्त ने लोगों से कहा कि अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें जिला प्रशासन वायरस के संकमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है सभी इलाकों में सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जा रहा है रांची में कोरोना की मरीज के मिलने के बाद यहां के हिन्दपीढी इलाके में कल रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है झारखण्ड में कोरोना वायरस से संक्रमण का यह पहला मामला सामने आया है

इस संबंध में रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कल देर षाम वरीय पुलिस अधीक्षक और सदर अनुमंडल पदाधिकारी रांची के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उपायुक्त ने बताया कि संक्रमित महिला मलेषिया की है वह बीते सोलह मार्च की शाम को राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से रांची आई थी और सत्रह मार्च को रांची पहंची महिला ने राजधानी एक्सप्रेस के बी वन कोच में सफर किया था जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इस महिला को क्वॉरेंटीन में रखा गया महिला की जांच कराई गई जिसके बाद यह महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने बीते सोलह मार्च को दिल्ली से रांची आने वाली राजधानी एक्सप्रेस के बी वन कोच में सफर किया वे खूद सामने आएं और अपनी जानकारी जिला प्रशासन को देकर स्वास्थ्य जांच करांए रांची के उपायुक्त ने भी कहा है कि जिन लोगों ने उस कोच में या आसपास के कोच में होते हुए टॉयलेट आदि का इस्तेमाल किया वह एहतियातन अपनी जांच कराएं

उपायुक्त रांची ने बताया जिला प्रशासन पुरी तरह से मुस्तैद है सोशल मीडिया के अफवाहों पर ना जाए जिला प्रशासन द्वारा वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं बीस से ज्यादा टीमें स्क्रीनिंग में लगी है हिंदपीढ़ी में होम स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उस इलाके से आउटवार्ड स्क्रीनिंग की जानी है उपायुक्त ने बताया कि जो लोग महिला के संपर्क में आए हैं जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए खूद निकल कर सामने आए लिस्ट बनाकर उनकी जांच कराएगी जाएगी उपायुक्त ने कहा कि हिंदपीढ़ी में कर्फयू के दौरान किसी को आवश्यक वस्तुओं की जरूरत है तो वह हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकता है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रांची में कोरोना संक्रमित महिला के मिलने के बाद जिला प्रषासन को पूरा एहतियात बरतने का निर्देष दिया है और आम लोगों से भी प्रषासन का सहयोग करने की अपील की है उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है लोग घरों में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगें और लॉकडाउन का सही तरीके से पालन हो सकेगा सरकार ने प्रवासी कामगारों से लॉकडाउन अवधि में अपने नियमित कार्य स्थल या स्थानीय निवास स्थलों पर बने रहने को कहा है गृह मंत्रालय ने परामर्श जारी कर कहा कि प्रवासी कामगारों को उनके नियोक्ता और मकान मालिक निकाल नहीं सकते परामर्श में कहा गया है कि जो प्रवासी कामगार समूह में निकल चुके हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच गये हैं या रास्ते में हैं उनकी स्वास्थ्य जांच उसी स्थल पर की जायेगी प्रवासी कामगारों के बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर होने की स्थिति में उनके नाम उनका स्थानीय और स्थायी पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा जिला स्वास्थ्य प्रशासन से नियुक्त टीम ऐसे सभी लोगों की जांच करेगी

साठ वर्ष से अधिक उम्र या अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को अलग निगरानी केन्द्रों में भेजा जायेगा अन्य लोगों को अपने घर में चौदह दिन के लिए सुरक्षित निगरानी में रहना होगा राज्य की विषेष षाखा ने सभी जिला उपायुक्तों रांची जमषेदपुर और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षकों और सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को नई दिल्ली के हजरत निजामुदीन में धार्मिक सम्मेलन तब्लीगी ज़मात में षामिल होकर झारखण्ड लौटने वाले लोगों की सूची और मोबाईल नंबर जारी कर जल्द से जल्द उनकी जांच कराने का निर्देष दिया है उधर केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि हाल ही में वीजा नियमों का उल्लंघन करके भारत की यात्रा करने वालों को प्रतिबंधित सूची में डालने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी

पुलिस जमात के इन सभी विदेशी कार्यकर्ताओं के वीजा की जांच करेगी और त्वरित कार्रवाई कर ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान उन्हें अलग करने और क्वारेंटीन के कार्य किये गये जिनके संक्रमित होने की आशंका है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

विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रवासी कामगारों और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इक्कीस हजार से अधिक राहत शिविर बनाये गये हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि साढ़े बारह सौ से अधिक संक्रमित लोगों के साथ देश में संक्रमण की आशंका वाले क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ गई है लोगों को भीड़ से बचने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने का निर्देश दिया गया है संवेदनशील क्षेत्रों में संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाया जा रहा है

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आमजनों को जागरूक किया जा रहा है

इस ेअध्यादेश से कराधान और बेनामी अधिनियमों के तहत विभिन्न समय सीमा बढ़ायी गई है वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिये मूल और संशोधित आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीस जून की गई है अध्यादेश के तहत पीएम केयर्स कोष के लिए वही कर राहत दी गई है जो प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए उपलब्ध है

कुल आय पर दस प्रतिशत दान की सीमा भी पीएम केयर्स कोष में दिये गये दान पर लागू नहीं होगी

तीस जून तक दिये गये दान पर वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के आयकर में छूट मिलेगी आधार को पैन कार्ड संख्या से जोड़े जाने की तिथि बढ़ाकर तीस जून की गई है मार्च अप्रैल और मई में बकाया केन्द्रीय उत्पाद रिटर्न भरने की अंतिम तिथि भी तीस जून तक बढ़ा दी गई है

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज भुगतान पर तीन महीने तक रोक लगाने के लिए कहा था भारतीय स्टेट बैंक पंजाब और सिंध बैंक केनरा बैंक यूको बैंक सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ बडोदा ने ट्वीट के जरिए अपने ग्राहकों को ईएमआई के भुगतान पर रोक लगाने की पेशकश की है यह रोक एक मार्च से एकतीस मई तक लागू रहेगी वहीं सरकार ने डाकघरों की छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज दर एक दषमलव चार फीसदी क कटौती की है नई दरें अप्रैल से जुन तिमाही के लिए निर्धारित की गई हैं इससे जमाकर्ताओं को आर डी किसान विकास पत्र और अन्य छोंटी जमा योजनाओं पर कम ब्याज मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत आज देष के अस्सी लाख किसानों को प्रति किसान दो हजार रूपये की किस्त जारी कर दी गई है डी बी टी के माध्यम से सोलह सौ करोड़ रूपये राषि हस्तांतरित की गई

पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के ठिकानों पर छापामारी कर शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली चीजों को जब्त भी कर लिया गया है

झारखण्ड में नॉवेल कोरोना के एक मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद खूंटी जिले में पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट के साथ विशेष सतर्कता बरतते हुए जगह जगह फ्लैगमार्च अभियान चला रहे हैं बुंडू नगर पंचायत के सभी वार्डो में पुलिस के जवान रैफ और पेट्रोलिंग वाहन से गश्ती अभियान चलाकर आमजनों से सख्ती के साथ अपने अपने घरों में बंद रहने की अपील कर रहे हैं